कोरोना वायरस से बचने के लिए दे सकते हैं सुझाव केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आयकर रिटर्न जीएसटी विवरण जमा कराने की समयसीमा बढ़ाने सहित अन्य वित्तीय रियायतों की घोषणा की

प्रदेश में कोरोना वायरस के दो और मरीज मिले प्रे राज्य में बरती जा रही है सतर्कता

कोरोना राज्य प्रदेश में आज दो और मरीजों के मिलने के बाद कोरोना वायरस से संकमित लोगों की संख्या बढकर नौ हो गई है ये दो नये मामले ग्वालियर और शिवपुरी में मिले हैं इसके अलावा भोपाल में एक और जबलपुर में छह मरीज हैं प्रशासन ने संकमण को रोकने के लिए जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया है जबकि छत्तीस अन्य जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इस महामारी को समाप्त करने में अपनी पूरी क्षमता लगायें विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम का एकमात्र उपाय इसकी कड़ी को तोड़ना है

यहां केवल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का ही इलाज किया जायेगा ग्वालियर में भी एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है जानकारी के मुताबिक यह युवक कुछ दिन पहले ही खजुराहो से लौटा है उसकी रिपोर्ट बार्डरलाइन पॉजिटिव मिलने के बाद फिलहाल उसे पूरे परिवार के साथ आइसोलेशन में रखा गया है कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह का कहना है कि इनकी अभी और भी जांच होगी

कलेक्टर अनुग्रह पी ने बताया कि आम लोगों को संकमण से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है इन्दौर में कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम के लिए अब तक पैतीस लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गये थे ये सभी निगेटिव पाये गये हैं इन्दौर के सीएमओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि जिले में दो सौ बाईस लोगों को उनके घर में सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया था इंदौर की पुलिस अधीक्षक रुचिवर्द्वन मिश्र ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जा रहे हैं

आमतौर पर इन मेलों में हजारों लोग जुटते हैं छतरपुर जिले में अब तक कोई मरीज नहीं मिला है लेकिन प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है प्रशासन द्वारा सड़कों पर सेनिटाइजर सहित अन्य दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है सीधी में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस वैश्विक आपदा से निपटने में अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों का पालन करें और सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने से बचें

पुलिस अधीक्षक हितेष चौधरी ने बताया कि बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है

गुना में लाकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से उठक बैठक लगवाकर उन्हें इस तरह की लापरवाही नहीं करने की सलाह दी जा रही है राजगढ़ में आम लोगों को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुऍ उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवार समय निर्धारित किया गया है ताकि उस जगह के लोग उस समय पहुंचकर सामान खरीद सकें आगर मालवा जिले के सभी ब्लॉकों में आज कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया

सागर में लॉकडाउन के दौरान सरोकार योजना के तहत गरीबों को भोजन कराया जा रहा है सीहोर जिले में मुस्लिम समुदाय ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को आज से स्थगित कर दिया है वहीं भूतड़ी अमावस्या पर लगने वाला मेला भी नहीं लगा होशंगाबाद जिले में पर्यटन स्थल पचमढ़ी में सैलानियों को आने से रोकने के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी सभी टूरिस्ट पाइण्ट पर रोक लगा दी गई है

विधानसभा के पहले ही दिन लाये गये इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी विश्वासमत के दौरान सदन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था हालांकि बहजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायक सदन में मौजूद थे विधानसभा के सभापति एन पी प्रजापति और उपाध्यक्ष हिना कांवरे के इस्तीफे के बाद सदन की कार्यवाही का संचालन वरिष्ठ विधायक जगदीश देवड़ा ने किया इसके पहले श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकना है विश्वास मत प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी

इसका उददेश्य लॉकडाउन के दौरान वित्तीय संस्थानों को हो रही परेशानी से बचाना है

इसी तरह आधार को पेन से जोड़ने की समयसीमा भी इसी अवधि तक बढ़ाई गई है नवरात्रि देवी आराधना का नौ दिवसीय चैत्र नवरात्रि पर्व कल से शुरू हो रहा है

देश के विभिन्न अंचलों में इसे गुड़ी पड़वा और चैती चॉद के रूप में भी मनाया जाता है नवरात्रि मनाने के लिए देवी मंदिरों में साज है साज ् सज्जा की जा रही है हालांकि इस बार करोना वायरस के संकमण को देखते हुए सभी जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है इसलिए मंदिरों में भी आम श्रद्दालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी

चारो युवक एक ही कार में सवार थे